कटनी के पास सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मृत्यु पांच घायल शिवपुरी में हरित रथ के जरिए लोगों को फलदार पौधे लगाने के लिये दी जा रही है प्रेरणा प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून की सकियता भोपाल सहित चार संभागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की चेतावनी कैबिनेट निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनूरूप सरकार ने गरीबों के लिये किराये के मकान बनाने की योजना को मूर्त रूप दे दिया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उप योजना के रूप में गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दी है

वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा तीन मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं इससे पहले लाभार्थी केवल जून तक यह सुविधा ले सकते थे

वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच माह और बढ़ाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिये एक किलो चना मुफ्त दिया जाएगा

मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी लगाने की भी मंजूरी दी है

घायलों को उमरियापान स्वास्थ केंद्र ले जाया गया जहां से उन्हें कटनी जिला चिकित्सालय भेजा गया पुलिस प्रवक्ता डॉ अवनीश कुमार के मुताबिक सभी लोगे एक सवारी ऑटो से खमतरा के साप्ताहिक बाजार जा रहे थे कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुःख जताया है उन्होंने घायल व्यक्तियों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है

देवास जिले में आज दो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले

सीधी जिला चिकित्सालय की पैथोलॉजी लैब सील कर दी गई है यहां सीआरपीएफ का एक जवान संक्रमित पाया गया था

रतलाम जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग की सहायक संचालक ने जिले का दौरा कर आवश्यक इंतजाम मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं

ये युवक दिल्ली से आठनेर पहुंचा था आज उसे छुट्टी दे दी गई वहीं सतना जिले में आज चार कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे खंडवा जिले में आज तीन नये पॉजिटिव मिले हैं

साथ ही कुपोषित बच्चों के घर पर फलदार पौधों का रोपण करवाये जाने के उद्वेश्य से हरित रथ चलाया जा रहा है इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों के परिवारों को घर पर लगाने के लिए फलदार पौधे दिए जा रहे है इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद ली जा रही है

सुरक्षा की दृष्टि से वन विहार में प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं

मौसम प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश जारी है

राजधानी में उमस भरी गरमी रही

सागर छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भी बारिश की संभावना जताई है

होशंगाबाद सहित पूरे जिले में बारिश की वजह से निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई

इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये

उन्होंने बुंदेली लोकनृत्य बरेदी को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई

इस दौरान जिले में शिविर लगाकर योग्य दम्पत्तियों की नसबंदी की जाएगी